बैठक में ज्यादातर राज्यों ने प्रधानमंत्री से लॉकडाउन की अवधि दो सप्ताह और बढ़ाने का अनुरोध किया प्रधानमंत्री ने कहा कि लोगों की सुरक्षा पर ध्यान केन्द्रित करना महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ हमारा संघर्ष तब तक मजबूत रहेगा जब तक देश का प्रत्येक नागरिक अपनी जिम्मेदारी निभायेगा और सरकार और प्रशासन के निर्देशों का पालन करेगा

उन्होंने जोर देकर कहा कि अगले तीन चार सप्ताह वायरस को काबू करने के लिए महत्वपूर्ण हैं इसके लिए संयुक्त रूप से काम करना होगा नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत में आवश्यक दवाई की पर्याप्त आपूर्ति है और अग्रिम पंक्ति में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए जरूरी उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है

ये बात आज उन्होंने उपायुक्तों पुलिस अधीक्षकों व मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से वीडियो कॉफ्रेंसिंग के दौरान कही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से मिले दिशा निर्देशों से भी अधिकारियों को अवगत करवाया जयराम ठाकुर ने राहत शिविरों में रह रहे कामगारों की सेवाओं का इस्तेमाल औद्योगिक इकाइयों में करने की संभावनाएं तलाशने की जरूरत भी बताई

गोविंद ठाकर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों व चिकित्सकों को अगले चार सालों के लिए कार्य योजना तैयार करने के निर्देश भी दिए

सबसे पहले गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को यह सामग्री प्रदान की जाएगी ताकि कोरोना संकट की इस घड़ी में सभी सुरक्षित रह सकें वीरेन्द्र कंवर ने लोगों को घरों पर ही रहने की सलाह दी

धीमान ने बताया कि मंडी ज़िले के लाल बहादुर शास्त्री राजकीय मैडिकल कॉलेज नेरचौक में आरटीपीसीआर प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध किया गया है आरोग्य सेतु ऐप देश में आरोग्य सेतु मोबाइल ऐप को एक करोड़ से अधिक लोगों ने डाउनलोड किया है नोवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रहने के लिए लोग इस ऐप को बहुत प्रभावी मान रहे हैं और इससे निजता के अतिक्रमण संबंधी कोई चिंता भी नहीं है लोगों के निजी आंकड़ों की निगरानी के संबंध में फैलाई जा रही अफवाहें झूठी और बे बुनियाद है सिंगापुर अमरीका ब्रिटेन और दक्षिण कोरिया जैसे देश तथा ऐप्पल और गूगल जैसी कंपनी सार्वजनिक सुरक्षा के लिए ऐसी प्रणाली का उपयोग कर रही हैं ओंकार शर्मा राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के प्रधान सचिव ओंकार चंद शर्मा ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकारी व गैर सरकारी संगठनों को आपसी तालमेल से कार्य करने की जरूरत बताई है

ओंकार चंद शर्मा ने कहा कि कोरोना वायरस की रोकथाम और इससे जुड़े राहत बचाव और जागरूकता संबंधी गतिविधियों में गैर सरकारी संगठनों सहित स्वयं सेवकों के योगदान को सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है

राज्यपाल राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के विभिन्न विश्वविद्यालयों द्वारा ऑनलाईन कक्षाएं शुरू करने के प्रयासों की सराहना की है विश्वविद्यालय के कुलपतियों के साथ आज वाट्सएप वीडियो कॉल के माध्यम से उन्होंने जरूरी दिशा निर्देश भी दिए राज्यपाल ने विद्यार्थियों प्रोफेसर्ज स्वयं सेवकों की सूची ज़िला प्रशासन के साथ साझा करने को कहा ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी सेवाओं का लाभ लिया जा सके बंडारू दत्तात्रेय ने कलपतियों को सलाह दी कि वे विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के जरिए विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी दें कोरोना मामले प्रदेश में कोरोना संक्रमण के दो नए मामले सामने आए हैं

इसके अलावा चार सैंपल फेल हुए हैं जिनके सैंपल दोबारा लिए जाएंगे

उन्होंने कहा कि पॉजिटिव आया एक व्यक्ति जवाहर नवोदय विद्यालय पेखूवाला जबकि दूसरा खड्ड केंद्र में क्वारंटाईन में था इधर आईजीएमसी शिमला से कल रात आई रिपोर्ट में भी दो मरीजों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है ये दोनों मरीज सोलन जिला के औद्योगिक क्षेत्र बद्दी के निजी अस्पताल के कर्मचारी हैं और ये दोनों पीजीआई में कोरोना संक्रमण से मरने वाली महिला के संपर्क में आए थे इस बीच प्रदेश के लिए राहत खबर भी है कि मंडी जिले के नैरचोक स्थित मेडिकल कॉलेज में उपचाराधीन तीसा क्षेत्र के कोरोना पॉजिटिव चार मरीजों में से तीन की रिपोर्ट नेगिटिव आई है अस्पताल के वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक देवेंद्र शर्मा ने बताया कि इनमें से एक व्यक्ति की रिपोर्ट अभी भी पॉजिटिव है पीएमजीकेएवाई भारत सरकार प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत अप्रैल से जून महीने के दौरान एक करोड़ बीस लाख मीट्रिक टन खाद्यान जारी करने की तैयारी कर रही है वित्त मंत्रालय ने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर महीने पांच किलो अनाज मृफ्त में दिया जाएगा

अब तक करीब दो करोड़ लाभान्वितों तक मुफ्त राशन पहुंच चुका है पैकिंग मैट्रियल शिमला ज़िला प्रशासन द्वारा बागवानों को चैरी ख्मानी और बादाम की फसलों की पैकिंग के लिए पर्याप्त सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है

उन्होंने कहा कि बाहरी राज्यों से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करने वाले वाहनों सहित अन्य वाहनों को शोधी में सैनेटाईज किया जा रहा है उपायुक्त ने कहा कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए इन वाहनों के माध्यम से आने वाले लोगों की भी स्वास्थ्य जांच की जा रही है पैंशन वितरण ऊना ज़िले के विभिन्न स्थानों में आज डाक विभाग द्वारा चार मोबाईल पोस्ट ऑफिस वैन के माध्यम से पैंशन का वितरण किया गया